प्रधानमंत्री वैज्ञानिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिकों से देश की आवश्यकता के अनुरूप कम लागत की प्रौद्योगिकी विकसित करने को कहा है उन्होंने वैज्ञानिकों से देश की तेज आर्थिक वृद्धि में सहयोग का आग्रह किया श्री मोदी कल पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईआईएसईआर के वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे थे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के समक्ष विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी इनमें कृषि जैव प्रौद्योगिकी के लिए स्वच्छ ऊर्जा सामग्री और उपकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने जैसे विषय शामिल थे आणविक जीव विज्ञान सूक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता जलवायु अध्ययन और गणितीय वित्त अनुसंधान क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रस्तुतियां भी दी गई प्रधानमंत्री ने इनके लिए वैज्ञानिकों की सराहना की इससे पहले श्री मोदी संस्थान के पुणे परिसर गए और विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं से बातचीत की

ई सवारी योजना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल इंदौर में महिलाओं द्वारा संचालित ई सवारी सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह नई पहल है और इस योजना का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जायेगा इस सेवा से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सम्पन्न बनेंगी

अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित ई रिक्शाओं में यात्रियों की सुविधा के लिये मुफ्त वाय फाय रेडियो एफएम डिजिटल पेमेंट ईटीएम मशीन द्वारा टिकटिंग जीपीएस ट्रैकिंग मोबाइल चार्जिंग सुविधा भी है खास बात यह है कि इन्हें महिला चालक ही चलाएंगी ई रिक्शा की मॉनिटरिंग एआईसीटीएसएल के कंट्रोल सेंटर द्वारा होगी ई रिक्शा चालक महिलाओं की सुविधा के लिए रूट्स के सुपरवाइजर उपलब्ध रहेंगे

कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह खेल मंत्री जीतू पटवारी स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे संजीवनी क्लिनिक शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं और सुविघाओं को विस्तार देने के लिए प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर जिले के निपानिया गांव में और विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भोपाल के चार इमली क्षेत्र के प्रियदर्शनी नगर में संजीवनी क्लीनिक की शुरूआत की यह क्लीनिक ऐसी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जिनकी स्वास्थ्य संस्थाओं से दूरी अधिक है

इनमें ओपीडी परामर्श सेवाएँ गर्भवती महिलाओं की जाँच टीकाकरण सेवाएं रेफरल सेवाऐं संचारी रोग उपचार शिशु रोग उपचार सुविधायें गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर उच्च रक्तचाप एवं मध्मेह की जांच और उपचार सुविधा रहेगी इसके अलावा चिन्हित लेबोरेटरी जाँच और औषधि भी निःशुल्क मिलेंगी क्लिनिक में आने वाले हर मरीज का संपूर्ण विवरण कंम्प्यूटर में दर्ज किया जाएगा

बाल अपराध कटनी कटनी जिले में महिला एवं बाल अपराध से बचाव के लिये जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन किया गया यह कार्यकम पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने संयुक्त रूप से किया इस मौके पर महिला एवं बाल अपराध की रोकथाम के लिये आत्मरक्षा के उपायों पर जोर दिया गया साथ ही उन्हें बताया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में नीडर रहें और निकटतम थाने में सम्पर्क करने से नहीं हिचकें उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई

कल आदिमजाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने प्रतियोगिता के स्मृति चिन्ह का अनावरण किया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

इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश और पंजीकरण फार्म वेबसाइट फोटो डिवीजन डॉट जीओवी डॉट इन और पीआईबी डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है

सामान्य प्रशासन विभाग ने कल यह आदेश जारी किया

वे यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद धार के लिए प्रस्थान करेंगी

अब इन विद्यालयों में गैस के माध्यम से ही मध्यान्ह भोजन पकाया जा रहा है